केन्द्र सरकार ने आज अतंरिक्ष बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की गई

बैठक के बाद केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि शहरी सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के सीधे पर्यवेक्षण के तहत लाया जायेगा श्रो जावड़ेकर ने बताया कि केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र सरकार के कुशीनगर में अतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्वीकृति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी के प्रति इसके लिये आभार जताया है उन्होंने कहा कि कुशीनगर में अतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू हो जाने से श्रावस्ती लुम्बिनी कपिलवस्तु सारनाथ और गया सहित अन्य स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा यह हवाई अड्डा बौद्ध सर्किट की दृष्टि से एक सेन्ट्रल प्लेस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों को कोविड अस्पताल में रखने के निर्देश देते हुए कहा कि एक लाख से अधिक चिकित्सा जांच टीम के गठन की कार्रवाई को तत्काल अंतिम रूप दिया जाये

उन्होंने कहा कि बिना लक्षण वाले मरीजों को कोविड अस्पताल में रखा जाये और ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण किया जाये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध विशेष सामरिक साझेदारी पर आधारित हैं

श्री राजनाथ सिंह कल मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोफ के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने बताया कि भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं के दस्ते का भी परेड में शामिल होना गौरव की बात है

श्री सिंह ने कहा कि रूस के उप प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में भारत रूस रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और इसे और आगे ले जाने पर चर्चा हुई श्री सिंह ने कहा कि रक्षा संबंध दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इस दिशा में भारत के सभी प्रस्तावों का रूस की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है रक्षामंत्री ने कहा कि भारत और रूस की पारंपरिक मैत्री मजबूत है और दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों पर सहयोग जारी है रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा कि रूस भारत और चीन की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के संभावित सुधारों पर चर्चा हुई उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार है ब्रे क यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रह हैं

तीन महीने पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन एक सौ मामलों की जांच का था जांच के मामलों में यह उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है

आज एक हजार सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं देशभर में कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं आईसीएमआर कोरोना जांच के लिए नई प्रयोगशालाओं और आरटी पीसीआर किटों को मंजूरी देकर अपनी सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है लॉकडाऊन में वापस आये श्रमिकों के लिये मनरेगा योजना झांसी सहित बुंदेलखंड में जीवनदायिनी साबित हुई है क्षेत्र के तीन लाख तैंतोस हजार मजदूरों के घरों का चूल्हा मनरेगा से मिलने वाली दिहाड़ी से जल रहा है एक रिपोर्ट निर्माण कार्य व अन्य कामधंधे बंद होने की वजह से मजदूरों के हाथों से काम छिन गया था उनके सामने रोजी रोटी का संकट बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया था लेकिन ऐसे वक्त पर मनरेगा बड़ी राहत बनकर उभरी है खाली हाथों को काम उपलब्ध कराने का ये बड़ा हथियार साबित हुई

इसमें बड़ी संख्या उन मजदूरों की भी है जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश के महानगरों से वापस अपने गांव की ओर लौटे हैं

ऐसे में एक प्रवासी श्रमिक अशोक ने बताया लाकडॉउन की वजह से कामधंधा बंद हो गया है झांसी अपने परिवार को लेकर आ गया हूं इस वक्त मैं मनरेगा से बड़ा सहारा मिल रहा है

इसलिये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं झांसी मंडल के मंडलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने कार्य का निरीक्षण किया मैं मनरेगा के चल रहे कार्यो का निरीक्षण करने के लिये गया था मुझे खूशी है कि वहां पर लगभग सवा सौ मनरेगा के श्रमिक एक बड़े नाले की सिल्ट सफाई के काम में जुटे हुए थे मैंने कई बातें उनसे पूछी है कि उनको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है बहुत प्रसन्न थे लोग कि यहां टाइम पर उनका मनरेगा की मजदूरी का मुगतान हो जाता है विकास कुमार आकाशवाणी समाचार झाँसी

रेलवे ने एक वक्तव्य में कहा है कि ऐसे सभी टिकटों को रद्द कर दिया जाएगा और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा